मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए उचित प्रबंधन का किया आह्वान

नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों फेरी लगाने वालों जनजातीय लोगों छोटे व्यापारियों छोटे किसानों और आवास निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ होगा

वित्त मंत्री ने कहा कि बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन देने की व्यवस्था की जा रही है

उन्होंने बताया कि एक देश एक राशनकार्ड योजना इसी वर्ष अगस्त से लागू की जाएगी इसके तहत राशनकार्ड धारक देश में किसी भी स्थान पर महीने का राशन का कोटा ले सकेंगे केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सभी की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा किया है उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में कैम्पा निधि से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने पंचायत प्रतिनिधियों से कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने और इससे निपटने के लिए उचित प्रबंधन करने का आहवान किया है वे आज शिमला में कुल्लू और मण्डी ज़िलों के पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में बोल रहे थे जयराम ठाक्र ने पंचायत प्रधानों से अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से करने का भी आहवान किया उन्होंने कहा कि इससे न केवल विकास को गति मिलेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिल सकेंगे इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कोरोना वायरस की जांच के लिए राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए पंचायत प्रधानों का आभार जताया शुभारम्भ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में आज विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत ई उद्यान पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारम्भ किया इसके माध्यम से उद्यान विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम तैयार किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल में बागवानी संबंधी योजनाओं की जानकारी किसानों व अन्य हितधारकों को आसानी से मिलेगी उन्होंने कहा कि यह पोर्टल विभाग के अधिकारियों के लिए भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग की सुविधा देगा जिससे बागवानों को समय पर सेवाएं देने में सुविधा होगी बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने परियोजना की विशेषताओं से मुख्यमंत्री का अवगत कराया बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम के लिए की गई घोषणाओं से प्रदेश को काफी लाभ होगा और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि ई मार्किट लिंक की उपलब्धता से इन इकाईयों को अपने उत्पाद की बिक्री में सुविधा मिलेगी बरागटा वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आगामी सेब सीज़न को देखते हुए बागवानों की समस्याओं को लेकर आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की उन्होंने कहा कि बागवानी कार्यों में नेपाली मज़दूरों की कमी से कोई असुविधा न हो इसके लिए केन्द्र सरकार से चर्चा कर मजदूरों को प्रदेश में लाने का आग्रह किया जाना चाहिए नरेन्द्र बरागटा ने कार्टन और ट्रे की उपलब्धता पर भी सुझाव दिए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि कोरोना काल में राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को अधिक से अधिक राहत देने का प्रयास कर रही है

इनमें से डेढ़ लाख नए परिवार हैं जिन्हें इस सुविधा से जोड़ा जाएगा आग्रह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से सउदी अरब के रियाद में फंसे मण्डी ज़िले के धर्मप्र क्षेत्र के मनोज कुमार को भारतीय द्रतावास के माध्यम से हर संभव मदद उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है केन्द्रीय मंत्री से दूरभाष के माध्यम से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि ये युवक कोरोना पॉज़िटिव पाया गया है और संकट के इस दौर में उसे आवश्यक भोजन और दवाई उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है इससे पहले मुख्यमंत्री ने मनोज कुमार से वीडियो कॉल कर बातचीत की और केन्द्र सरकार के माध्यम से हर संवभ सहायता देने का आश्वासन दिया अंशदान प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां एक ओर विभिन्न संगठन और समाज सेवी कोविड फंड में अंशदान देकर सरकार को सहयोग कर रहे हैं वहीं प्रदेश की बुजुर्ग महिलाएं भी इस कार्य में पीछे नहीं है मंडी ज़िले की बुजुर्ग महिलाओं ने एक धार्मिक आयोजन करवाने के लिए एकत्रित की गई एक लाख एक हजार रुपये की राशि कोविड फंड में दान कर मानव धर्म की मिसाल पेश की है

तब इन बुजुर्ग महिलाओं ने इस धनराशि को ज़िला प्रशासन के माध्यम से कोविड फंड में जमा करवाने का निर्णय लिया रामायण पार्टी की बिंता देवी विंध्यावासिनी बहल पदमा और निर्मला गुप्ता का कहना है कि रामायण पाठ धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है लेकिन कोरोना संकट मानव समाज के लिए आज एक बड़ा खतरा बन गया है जिससे निपटना भी जरूरी है बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि संकट की इस घड़ी में यदि ये धन मानव कल्याण के काम आता है तो इससे बड़ा धर्म कुछ और नहीं हो सकता मंडी से मुनीश सूद के साथ रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला एपीएमसी एपीएमसी हमीरपुर के अध्यक्ष अजय शर्मा ने प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किसानों के हित में नए एपीएमसी एक्ट को लागू करने के निर्णय का स्वागत किया है इस फैसले से किसानों को अपने उत्पाद सीधे मंडियों में बेचने की उचित सुविधा मिल सकेगी और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक पैकेज का ऐलान भारत के युवा वर्ग के लिए वरदान सिद्ध होगा

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आज सिरमौर जिले के पांवटा साहिब से दो जबकि कांगड़ा ज़िले से एक नया मामला सामने आया है मौसम प्रदेश की ऊंची चोटियों पर आज दिन के समय हल्का हिमपात और निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है हमारे लाहौल स्पीति ज़िला संवाददाता कुंदन लाल के अनुसार ज़िले के ऊंचाई वाले इलाकों में हुए हिमपात से मनाली लेह मार्ग को बहाल करने का कार्य प्रभावित हुआ है इसके अलावा बर्फबारी से बारालाचा दर्रे में भी बर्फ हटाने का कार्य बाधित हुआ है इसी तरह चम्बा बिलासपुर मण्डी हमीरपुर और कांगड़ा ज़िलों के कुछ स्थानों पर तेज़ हवाओं के साथ वर्षा का भी समाचार है मौसम के इस बदले मिजाज़ से तापमान में गिरावट आई है

रेलगाड़ी लॉकडाउन के चलते गोवा में फंसे हिमाचल के लोगों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी कल ऊना पहुंचेगी उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि सभी लोगों को प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से विभिन्न ज़िलों में उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा